मोदी लहर लोकसभा चुनाव के मतों की गणना में अब तक प्राप्त रूझानों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक बार फिर बहुमत मिलने जा रहा है

बंगाल जैसे राज्य में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीनगर सीट से चुनाव जीत गए हैं उन्होंने करीब साढ़े पांच लाख वोटों से चुनाव जीता और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय सहित देशभर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रूझानों में भाजापा को मिली शानदार बढ़त के बाद ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इन तीनों से मजबूत भारत का निर्माण होगा उन्होंने कहा एक बार फिर भारत की विजय हुई भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की संभावित जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व का नतीजा बताया

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है उधर लोकसभा चुनाव में भाजपा के बड़ी जीत की ओर बढ़ने की संभावना के बीच पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक कल शाम पार्टी मुख्यालय में होने की उम्मीद है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित कर सकते हैं उत्तराखंड पांच सीट उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर पांचों संसदीय सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की ओर बढ़ रही है

प्रदेश में जीत हार के अंतर का अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड नैनीताल संसदीय सीट पर ट्रट गया है अब तक सामने आए रूझानों के अनुसार टिहरी पौड़ी हरिद्वार नैनीताल और अल्मोड़ा यानी पांचों संसदीय सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने निर्णोयक बढ़त बना ली है टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हरिद्वार से डॉ रमेश पोखरियाल निशंक नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा की जीत लगभग तय है सभी जगह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटा नजर आया सपा बसपा गठबंधन यूकेडी वामदल समेत अन्य कोई भी प्रत्याशी मुख्य मुकाबले के करीब भी नहीं पहंच पाया

आज देर शाम तक प्रदेश के चुनाव नतीजे मिलने की उम्मीद है

अल्मोड़ा आरक्षित सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा खासी बढ़त बनाये हए हैं

चुनाव परिणाम माहौल उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के बढ़त बनाते ही प्रदेशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई पड़ा राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को निर्णायक बढ़त मिलने के साथ ही जश्न के माहौल में डब गए जगह जगह ढोल नगाडों के साथ ही मिठाइयां बांटकर लोगों ने ख्रशी का इजहार किया विभिन्न जिलों में पार्टी नेताओं ने भाजपा की शानदार सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों की लोकप्रियता बताया साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन के पक्ष में भी इसे जनादेश बताया पार्टी मुख्यालय देहरादून में दोपहर से ही जश्न का माहौल दिखाई पड़ने लगा वहां मौजूद लोग मतगणना के रुझान में भाजपा उम्मीदवारों को कांग्रेस प्रत्याशियों से मिल रही बढ़त के समाचार मिलते ही नारेबाजी करते दिखाई पड़े राजधानी देहरादून में भाजपा महानगर कार्यालय में बड़ी स्क्रीन के जरिए चुनाव परिणाम और रुझान दिखाया जा रहा था जहां मौजूद लोग पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में आने वाले मतों को लेकर नारेबाजी करते रहे उधर कांग्रेस कार्यालय में पूर्वाह्व में कार्यकर्ताओं की भीड़ रही लेकिन दोपहर होते होते वहां निराशा का माहौल दिखाई पड़ा ज्यादातर कार्यकर्ता वहां से लौट गए पार्टी के नेता लालचंद्र शर्मा ने बताया कि चुनावी नतीजों से पार्टी कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे और पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मंथन करेंगे इस बीच बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन की बात कही है सीएम ऑन चुनाव प्रदेश की सभी पांचों संसदीय क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज फिर लोकतंत्र की जीत हई है देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकासवादी नीतियों पर मुहर लगाई है जबकि विपक्ष इस हार से बौखला गया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा को देशभर में प्रचण्ड और अभूतपूर्व बहमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और श्भकामनाए दी हैं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी के कुशल नेतृत्व और रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं और विकासशील शासन में जनता के विश्वास की जीत है

यहां भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत कांग्रेस के मनीष खंड्डी पर भारी पड़े हैं पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्री रावत का माल्यार्पण कर रंगों से होली खेलनी शुरू कर दी कार्यकर्ताओं ने विजयी जुलूस निकालक अपनी खुशी का इजहार किया भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वे जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे

विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ थराली और कर्णप्रयाग से भाजपा के उम्मीदवार तीरथ सिंह रावत ने सबसे अधिक मत प्राप्त किए

हरीश रावत ईवीएम पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने देश और प्रदेश में पिछड़ रही कांग्रेस के लिए एक बार फिर ई वी एम पर संदेह जताया है उन्होंने कहा कि नतीजा चाहे किसी के पक्ष में हो लेकिन उनका संदेह ई वी एम पर रहेगा